एक प्रश्न के उत्तर में श्री शर्मा ने कहा कि इन कॉलेजों में भवन निर्माण के साथ सत्र भी शुरू हो जाएंगे उन्होंने कहा कि सिरोही मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के लिए एक सप्ताह में टेंडर कर दिए जायेंगें

हालांकि पिछले कुछ दिनों से संकमण के नए मामलों की संख्या बढ़ रही है

नौ जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों सहाड़ा सुजानगढ़ और राजसमंद पर होने वाले उप चुनाव में कोरोना गाइड लाइन की कड़ाई से पालना के साथ निर्वाचन प्रकिया पूरी करवाई जाए श्री गुप्ता ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन विधानसभा क्षेत्रों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा की

कोरोना को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन नामांकन का भी विकल्प दिया गया है

आगामी कक्षाओं में प्रवेश एक मई से शुरू होगा

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं